विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्चुअल सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि कौशल असीम होते हैं और यह समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं तथा लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों क्शल लोगों की जरूरत है इसलिए खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं में क्शल श्रमशक्ति की असीम संभावनाएं हैं श्री मोदी ने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने दुनियाभर में उपलब्ध अवसरों का पता लगाना आरंभ किया है ताकि देश के युवाओं को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में स्टीक जानकारी मिल सके

सीबीएसई ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छात्रों के उर्त्तीण होने की संख्या में मामूली वृद्वि हुई है

यह परिणाम डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर भी देखा जा सकता है एक टवीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परिणाम घोषित होने पर सभी संबंधित लोगों को बधाई दी उन्होंने दोहराया कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और उत्कृष्ट शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान ने कहा है कि कोरोना को रोककर इसे जड़ से खत्म करना है इसके लिये सभी सामाजिक संस्थाओं जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि सब मिलकर लोगों को पूरी तरह से जागरूक करें तभी हम कोरोना की चैन को तोड़ पायेंगे श्री चौहान ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए सख्ती से काम लेना पड़े तो संकोच न करें मुख्यमंत्री कल आगरमालवा प्रवास के दौरान जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिलास्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है बैठक में कलेक्टर अवधेश शर्मा ने जिले में कोराना की रिथति से अवगत कराया

सतना में दो महिलाए कोरोना को हराकर घर पहुंची